इम्फाल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आज मणिप्र को सवा सौ करोड़ रूपए से अधिक की लागत से बने इंटीप्रेटिड चौक पोस्ट का भी उपहार मिला है ये सिर्फ एक चेक पोस्ट नहीं है दर्जनों सुविधाओं का केन्द्र भी है भारत म्यामां सीमा पर स्थित यह चेकपोस्ट यात्री और व्यापार की सुविधा देगा इसके साथ ही कस्टम क्लीयरेस विदेशी मुद्रा एक्सचेंज इमीप्रेशन क्लीयरेंस एटीएय रेस्ट रूम जैसी सेवाएं भी यहां मिलेंगी यहां पर देश के सम्मान और प्रथम आजाद भू भाग के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज उसका स्मारक भी बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्ष में वे लगभग तीस बार पूर्वोत्तर क्षेत्र के दौरे पर आए उन्हें यहां के लोगों से बातचीत करना और मिलना वास्तव में अच्छा लगता है प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपूर के अनेक खिलाडियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गर्व दिलाया है उन्होंने कहा कि केंद्र के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी क्षेत्र या व्यक्ति विकास के लाभों से वंचित न हो उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले की सुनवाई दस जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले में अनेक याचिकाओं की सुनवाई आज होनी थी लेकिन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने इसे अगले दस जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने उत्तीस अक्टूबर को मामले की स्नवाई आज के लिए तय की थी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखप्र के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंगोंसहायक उपकरणों के वितरण तथा वृद्व जनों निराश्रित महिलाओं एव दिव्यांग जनों को पेंशन स्वीकृति पत्र एव कम्बल वितरण व विभिन्न कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कुल नौ सौ तेईस लाख रूपये लागत की कुल एक सौ बारह परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्य गृणवत्तायक्त एव समयबद्ध ढंग से पूर्ण किये जायें इसके अलावा इस अवसर पर क्ल इक्कतीस हजार पांच सौ उन्वास नई पेंशन स्वीकृत पत्र वितरित किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाए संचालित की है योजनाए गरीबों क्रे हित में बनाई जाती है प्रदेश सरकार बिना भेद भाव जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु निरन्तर कार्य कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नही होता है और प्रदेश सरकार समभाव से विकास की योजना का लाभ सभी को उपलब्ध करा रही है जब शासकीय योजना का लाम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा तभी समाज सुखी और समृद्व होगा उन्होंने कहा कि गोरखपुर बदल रहा है यहां एक अत्याधनिक प्राणि उद्यान की स्थापना की गयी है जिसका कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा

पूर्व में इस परीक्षा के आयोजन के लिए तीन फरवरी दो हजार उन्नीस की तिथि निर्धारित की गई थी उच्चतम न्यायालय द्वारा पन्द्रह नवम्बर दो हजार अट्ठारह को पारित आदेश के क्रम में यह निर्णय लिया गया है प्रयागराज में कुम्म मेला के दौरान भारी यातायात के दृष्टिगत इस परीक्षा को प्रयागराज के स्थान पर लखनऊ में ही आयोजित कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है केन्द्र सरकार ने आज स्पष्ट किया कि दो हजार रूपए के नोटों के मुद्रण के बारे में हाल में कोई फैसला नहीं लिया गया है आर्थिक कार्य सचिव सुभाष चन्द्र गर्ग ने कहा कि नोटों के मुद्रण की योजना संभावित आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है उन्होंने कहा कि देश में ऐसे नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्व हैं और पैंतीस प्रतिशत से अधिक बाजार में हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल मेरठ से हथियार तस्कर नईम को गिरफ्तार किया मेरठ ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि वांछित नईम को कल रात रधना गांव से गिरफ्तार किया गया उन्होंने बताया कि नईम आतंकवादी गुटों को हथियार भेजने का आरोपी है उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने नईम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है